फागु चौहान बिहार के नये राज्यपाल होंगे प्रदेश के मौजूदा राज्यपाल लालजी टंडन को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है श्री चौहान उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं श्री चौहान ने उन्नीस सौ पचासी में राजनीति के क्षेत्र में पर्दापण किया था वे घोसी निर्वाचन क्षेत्र से रिकॉर्ड छह बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं राज्यपाल नियुक्त होने के बाद उन्होंने राज्य के विकास के लिए हरसम्भव कदम उठाने की बात कही वहीं निवर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा कि बिहार की जनता ने उन्हें जो सम्मान और स्नेह दिया है वह बहुत सुखदायी है श्री टंडन को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए की गयी उल्लेखनीय पहल के लिए याद किया जायेगा उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी को देखते हुये दूसरे जिलों के डॉक्टरों की बीस दिन के लिए प्रतिनियुक्ति की जायेगी श्री मोदी ने कहा कि जिन इलाकों में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है वहां बीमारियों की रोकथाम के लिए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है और पशुओं के लिए दवा की व्यवस्था की जा रही है उन्होंने आज सीतामढ़ी में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की वहीं जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दरभंगा में बाढ़ की स्थिति को लेकर विभाग के इंजीनियरों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की श्री झा ने कहा कि जिले में सभी तटबंध पूरी तरह सुरक्षित हैं बूढ़ी गंडक बागमती और महानंदा नदी को छोड़कर प्रदेश की लगभग सभी नदियों के जलस्तर में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है भूतही बलान लालबकिया खिरोई अधवारा समूह का जलस्तर ज्यादातर स्थानों पर खतरे के निशान से नीचे चला गया है वहीं बागमती का जलस्तर सीतामढ़ी जिले के कटौंझा में खतरे के निशान से डेढ़ मीटर से ऊपर बना हुआ है बूढ़ी गंडक का जलस्तर मुजफ्फरपुर के मुरौल में खतरे के निशान से डेढ़ मीटर ऊपर समस्तीपुर जिले के रोसड़ा रेलपुल के पास खतरे के निशान से सत्तर सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है महानंदा नदी का जलस्तर कटिहार जिले के आजमनगर कदवा और अमदाबाद में खतरे के निशान से सत्तर सेंटीमीटर से एक मीटर ऊपर दर्ज किया गया है कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में लाल निशान से लगभग एक मीटर ऊपर बना हुआ है नेपाल और भारत के बीच मोतिहारी से अमलेखगंज तक पेट्रोलियम उत्पादों के लिए बिछाई गई पाइप लाइन वाणिज्यिक परिचालन के लिए तैयार है हमारे काठमांडू संवाददाता ने बताया है कि भारतीय तेल निगम और नेपाल तेल निगम ने पाइपलाइन का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है

साथ ही यह नेपाल की भी पहली तेलपाइपलाइन है

इनका सालाना निर्यात मूल्य साढ़े आठ हजार करोड़ रूपए से अधिक है इस तेल पाइपलाइनसे नेपाल को सुगम प्रभावी कीमत पर और पर्यावरण अनुकुल तरीके से पेट्रोलियम उत्पादोंकी आपूर्ति की जाएगी आकाशवाणी समाचार के लिए काठमांडू से राजकुमार दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का आज नई दिल्ली में निधन हो गया वे इक्यासी वर्ष की थी श्रीमती दीक्षित पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थीं वह उन्नीस सौ अट्ठानवे से दो हजार तेरह तक तीन बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही श्रीमती दीक्षित केन्द्र सरकार में मंत्री और केरल की राज्यपाल भी रही थी राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुःख जताया है राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद के सभापति हारूण रशीद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत राज्य के वरिष्ठ नेताओं ने श्रीमती दीक्षित के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है निगरानी जांच ब्यूरो ने सारण जिले में परसा नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी संदीप कुमार ठाकुर को अठाईस हजार रूपये घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है कार्यपालक पदाधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दूसरी किस्त जारी करने के लिए एक लाभार्थी से रिश्वत ले रहा था

उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी आशीष कुमार सिन्हा को पराजित किया दोनों उम्मीदवारों को पार्षदों का बराबर वोट मिलने के बाद लॉटरी के माध्यम से हार जीत का फैसला किया गया पश्चिम बंगाल के वर्द्वमान स्टेशन का नामकरण अमर क्रांतिकारी और स्वतंत्रता आंदोलन के नायक बटुकेश्वर दत्त के नाम पर किया जायेगा केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसकी जानकारी देते हुये कहा कि नामकरण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है इससे पहले श्री राय पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान के साथ आज पटना स्थित अमर शहीद के निवास स्थान पर जाकर उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्वासुमन अर्पित किया दोनों नेताओं ने बटुकेश्वर दत्त के परिजनों से मुलाकात की पत्रकारों से बातचीत करते हुये केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि बटुकेश्वर दत्त का आजादी के आंदोलन में बड़ा योगदान रहा है जिनकी अब तक उपेक्षा की जाती रही है कौशल विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष दो हजार सोलह से राज्य में एक लाख छियासठ हजार युवा निबंधित हुए जिसमें एक लाख सैंतीस हजार को प्रशिक्षण मिला है

रोजगार प्राप्त करने में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना काफी लाभदायक हो रही है इसके तहत मिलने वाले संप्रेषण कौशल और व्यक्तिव विकास के गुर युवाओं में आत्मविश्वास बढा रहे हैं इससे युवाओं को मेट्रो शहरों में सम्मानजनक रोजगार प्राप्त करने में मदद मिल रही है ध्रर्मेन्द्र कुमार राय आकाशवाणी समाचार पटना मधेपुरा जिले में एक पेट्रोल पंप कर्मी से अपराधियों ने दो लाख सत्तासी हजार रुपये लूट लिये बैंक में रुपये जमा करने जाने के दौरान अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है वहीं मुजफ्फरपुर जिले के करजा थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े सशस्त्र अपराधियों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र से डेढ़ लाख रुपए लूट लिये पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मुक्तापुर किशनपुर के बीच नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर इस रेलखंड से गुजरने वाली दो दर्जन ट्रेनों को आज से चौबीस जुलाई तक के लिये रद्द कर दिया गया है वहीं कई ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से किया जायेगा जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उसमें शहीद एक्सप्रेस सरयू एक्सप्रेस जीवछ एक्सप्रेस और पटना जयनगर एक्सप्रेस शामिल हैं भारत नेपाल भूटान सीमा प्रहरी बीएसएफ की बारहवीं बटालियन के जवानों के नेतृत्व में किशनगंज में आज करगिल विजय दिवस मनाया गया इस अवसर पर जिले के प्रखंड मुख्यालय सहित नेपाल सीमा स्थित दिघलबैंक प्रखंड के कुल पांच स्थलों मोहनमारी पलशा सिधीमारी कोचनवाड़ी तथा मोफियाटोला गांव में जागरूकता रैली निकाली गयी रैली में छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के खखंदुआ पहाड़ी के गड्ढ़े में स्नान करने के दौरान चार युवकों की डूबकर मौत हो गयी दो शवों को बाहर निकाल लिया गया है और अब अंत में मुख्य समाचार भाजपा के वरिष्ठ नेता फागू चौहान प्रदेश के नये राज्यपाल नियुक्त किये गये